राज्य विधानसभा में आज अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर हुए हंगामे के बीच मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया वहीं हंगामे के बीच कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद एक विधायक के मत विभाजन की मांग के बाद हुए मतदान में अध्यक्ष पद के कांग्रेस उम्मीदवार एन पी प्रजापति को निर्वाचित घोषित कर दिया गया

उन्होंने इसके बाद बाकायदा अध्यक्ष पद भी संभाल लिया उन्हें मुख्यमंत्री कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह समेत मंत्रियों और विधायकों ने श्भकामनाएं दी वहीं भाजपा ने च्नाव में प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से आए श्री प्रजापति के पक्ष वाले चार प्रस्तावों को पढ़ा जबकि भाजपा उम्मीदवार विजय शाह के पक्ष में प्रस्ताव को कार्यसूची में होने के बावजूद नहीं पढ़ा गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि उनकी ओर से श्री शाह को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बताते हुए प्रस्ताव पेश किया गया था इसे कार्यसूची में शामिल किए जाने के बावजूद सदन में पढ़ने नहीं दिया गया इसलिए भाजपा ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सभी भाजपा विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौपा वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पास बहमत नहीं है कांग्रेस के पास बहमत है और आज उसने यह साबित भी कर दिया है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ किया आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जन संचार माध्यम है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक वी के शर्मा ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों और अन्य स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आहवान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आठ और नौ जनवरी को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है हड़ताल के दौरान बैंककर्मी रैली और सभा का आयोजन कर रहे हैं

कल प्रदेश में सबसे कम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया

वहीं सिवनी दमोह राजगढ़ धार शाजापुर और उज्जैन में भी कल का दिन काफी ठंडा रहा आज रीवा और सागर संभाग तथा पश्चिम मध्यप्रदेश में कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है अगले दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है धुंध और कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है शाजापुर में भी सुबह से कोहरा छाया रहा है

कलेक्टर ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया उज्जैन में भी स्कूलों के समय में परिर्वतन किया गया है होशंगाबाद में भी कल शीतलहर के चलते ठंड का असर बढ़ा है

अनूपपुर में कल यूरिया खाद की रैक पहुंचेगी